आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा आघार अधिनियम भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार अधिनियम के तहत आपराधिक जांच के लिए आधार बायोमेट्रिक डाटा के इस्तेमाल या उस तक पहंच की अनुमति नहीं है प्राधिकरण के अनुसार एकत्र बायोमेट्रिक्स डाटा का इस्तेमाल केवल आधार कार्ड बनाने और आधार कार्डघारक की पहचान निर्घारित करने में किया जा सकता है इसका इस्तेमाल किसी अन्य मकसद के लिए नहीं किया जा सकता हालांकि प्राधिकरण ने कहा है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में बायोमेट्रिक्स डाटा के सीमित इस्तेमाल की अनुमति देते हैं शूलिनी मेला सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के आज दूसरे दिन विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी इसके अलावा कृश्ती लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगी सोलन से हमारे प्रतिनिधि लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि मेले में आज फलावर शो और डॉग शो का भी आयोजन होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यकम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे

महालेखाकार कार्यालय के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि अधिकारी व कर्मचारी इन विवरणियों को वैबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं प्रवक्ता ने ये भी कहा कि वार्षिक विवरणिका में कोई भी त्रुटि पाए जाने पर महालेखाकार कार्यालय की वैबसाईट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रवर्तन अधिकारी द्वारा रिश्वत लिए जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण लिखता है सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा ईपीएफओ का ईओ पंजाब केसरी के शब्द है प्रवर्तन अधिकारी सवा लाख रिश्वत लेते पकड़ा सीबीआई ने जिला सोलन से की दो गिरफतारियां दैनिक भास्कर की सुर्खी है सवा लाख रूपए की रिश्वत लेते ईपीएफओ बद्दी का इन्फोरसमेंट अफसर अरेस्ट हिमाचल दस्तक का शीर्षक है सवा लाख की रिश्वत लेते दो दबोचे

नडडा ने जयराम से केंद्रीय प्रोजेक्टों के कियान्वयन को लेकर की चर्चा अजीत समाचार की एक खबर है सोलन के शूलिनी मेले से जुड़ी खबर को अधिकांश पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है शूलिनी मेला शुरू मुख्यमंत्री ने किया माता की पालकी का स्वागत आपका फैसला के शब्द हैं सीएम ने की मां शूलिनी की पालकी की अगवानी

केंद्र सरकार ने वापिस भेजे आईपीएस संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के अगले डीजीपी हो सकते हैं नियुक्त हिमाचल दस्तक की एक खबर है एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सेहत के लिए में लिखा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष उन लोगों के जीवन में नई किरण बनकर आया है जो धन के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते थे दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में पर्यटन सीज़न के दौरान प्रदेश में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या पर चिंता जताई है